खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की सम्प्रभुता और अखंडता रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उन्होंने आखिरी सांस ली

अहमद पटेल के बेटे फैजल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी

लगभग एक महीने पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे जिसके बाद उनकी मौत हो गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि अहमद पटेल लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और समाज की सेवा की श्री मोदी ने कहा कि अहमद पटेल तेज दिमाग और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे श्री मोदी ने उनके पुत्र फैसल से भी बातचीत कर संवेदना व्यक्त की

वहीं दो हजार दो सौ बैयालीस सक्रिय केस हैं

देश में कोविड के छियासी लाख से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर तिरानबे दशमलव सात छह प्रतिशत हो गई है

देश में इस समय कोरोना के चार लाख अड़तीस हजार से अधिक रोगी है जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का चार दशमलव सात आठ प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार छब्बीस राज्यों और केंद्र भाासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या बीस हजार से कम है कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर एक दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है

देश की नमूना जांच क्षमता पंद्रह लाख प्रतिदिन है

राजधानी रांची स्थित होटल अशोका अब झारखंड सरकार के अधीन हो गया है भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच होटल अशोका के शेयर होल्डर के हस्तांतरण की प्रक्रिया कल पूरी कर ली गई सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड पर्यटन विभाग ने एक करार पर हस्ताक्षर किया इस करार के बाद अब होटल में बासठ द ामलव पांच फीसदी शेयर की हिस्सेदार झारखंड सरकार की हो गई है

इससे पहले भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार पर्यटन के पास संयुक्त रूप से सतासी द ामलव पांच सात प्रतिशत शेयर था होटल के मालिकाना हक को लेकर झारखंड गठन के बाद से मांग हो रही थी पच्चीस जून को ही होटल अशोका को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी थी बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि झारखंड सरकार होटल अशोका के सभी शेयर खरीदे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि रांची होटल अशोका झारखंड की बड़ी सपत्ति है इसलिए सरकार इसे अपने पास ही रखेगी राज्य गठन के पहले भारत पर्यटन विकास निगम का इक्यावन प्रतिशत और बिहार सरकार का उनचास प्रतिशत शेयर इसमें था राज्य बनने के बाद बिहार के उनचास प्रतिशत शेयर में से बारह द ामलव दो पांच प्रतिशत शेयर झारखंड को दे दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश एसएन प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग के मामले में आरोपित महेश विनीत व अभित अग्रवाल की अपील याचिका पर कल सुनवाई की इस दौरान एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि इन तीनों के साथ अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है इस पर एनआईए कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान सही है क्योंकि इनके खिलाफ टेरर फंडिंग के पर्याप्त एवं ठोस सबूत है हालांकि इस मामले में अभी बहस पूरी नहीं हो सकी है

इस दौरान आरोपितों की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी इससे पहले सुनवाई के दौरान एनआईए के अधिवक्ता ने कहा कि इन आरोपितों के खिलाफ एनआईए ने पर्याप्त सबूत जुटाए हैं इसके लिए उनके पास लोगों के बयान और दस्तावेजीय साक्ष्य भी मौजूद हैं सीबीआई ने चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत को लेकर अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है

इस मामले में अगर लालू प्रसाद को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे

लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई ख्रंटी एवं रांची ख्रंटी स्वयं सेवी संस्था सिनी के द्वारा पिछले तीन वर्षों से रांची एवं खूँटी में बाल संरक्षण पर समुदाय के साथ कार्य कर रही है जिसके तहत गांव एवं सहरी बस्तियों में समेकित बाल संरक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है

केंद्र सरकार की पहल पर गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन एक बार फिर आज से शुरू हो जाएगा यह ट्रेन गोड्डा के पोड़ैयाहाट से होकर हंसडीहा द्रमका से बिहार के बांका होते हुए भागलपुर जाएगी भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस को मेल देने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है यह ट्रेन मालदा रेल डिवीजन द्वारा शुरू की गई है इससे संबंधित सारी सुविधाए उपलब्ध करा दी गयी हैं गोड्डा के पोड़ैयाहाट से भागलपुर के बीच यह डेमू ट्रेन प्रतिदिन दो फेरे लगाएगी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से राजधानी रांची में हल्के बादल छाए रह सकते है

शुक्रवार से फिर से मौसम साफ रह सकता है

प्रभात खबर ने तीन मेडिकल कॉलेजों में हैं तीन सौ सीटें पर छात्रों को नहीं मिल रहा है दाखिला की खबर को प्रमुखता से प्रकाप्रित किया है

दैनिक हिन्दुस्तान ने पत्थर कारोबारियों पर नौ सौ करोड़ जुर्माना इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है र्देनिक भास्कर ने सीबीआई का झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल लालू प्रसाद ने दुमका कोशागार से निकासी के मामले में नहीं की है पूरी सजा इसलिए न मिले बेल की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है महेंद्र सिंह धौनी के मेंटर देवल सहाय के निधन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कोविड के साथ संघर्श में लापरवाही के विरुद्ध निगरानी करने को कहा